गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया कि विधेयक का उद्देश्य आतंकवाद को समाप्त करना है किसी को निशाना बनाना नहीं

राज्यपाल राम नाईक ने अपने कार्यकाल के पांचवें वर्ष का कार्यवृत्त किया जारी इस वर्ष उन्होंने पांच हजार से अधिक नागरिकों से राजभवन में की मुलाकात कौशल भारत योजना की चौथी वर्षगांठ पर कल प्रदेश भर में आयोजित हुए विविध कार्यक्रम लोकसभा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पारित हो गया है

उन्होंने कहा कि विघेयक का उद्देश्य आतंकवाद समाप्त करना है न कि किसी को निशाना बनाना नरेन्द्र मोदी सरकार की इस कानून को मिसयूज करने की न कोई इच्छा है न मंशा है न हम कभी होने देंगे यह कानून का शुद्ध रूप से उपयोग है आतंकवाद को खत्म करने का है जो कोई भी इसके दायरे में आएगा उसको नसीहत करने का काम यह कानून करेगा गृहमंत्री ने उन आरोपों का खण्डन किया कि आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा की तरह इस कानून का भी दुरूपयोग होगा

विधेयक पेश करते समय उन्होंने आशा व्यक्त की कि जांच एजेंसी विदेशों में भारतीय दृतावासों और परिसम्पत्तियों के खिलाफ आतंकी हमलों की जांच कर सकेगी

उन्होंने कहा कि राजनीतिक बदले की भावना से एजेंसी के दुरूपयोग की संभावना बढ़ जाएगी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल लोकसभा में सरोगेसी नियमन विधेयक दो हजार उन्नीस पेश किया पिछली लोकसभा से यह विधेयक पारित हो चुका था लेकिन लोकसभा भंग होने के कारण यह अमान्य हो गया इसके माध्यम से भारत में कमर्शियल सरोगेसी को प्रतिबंधित किया जाना है प्रदेश में अब शराब में मिलावट करने वालों पर सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगेगा इसके अलावा शराब की दुकान का लाइसेंस भी फौरन समाप्त कर दिया जायेगा प्रदेश मंत्रिमंडल ने कल इस आशय के प्रस्ताव के साथ ही बारह अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रदेश सरकार के लोगो का अनाधिकृत प्रयोग दंडनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा और इसके लिए दो साल की सजा दी जायेगी प्रमुख सचिव आवकारी संजय भूसरेड्डी ने आवकारी नीति में फेरबदल से जुड़े फैसले के बारे में बताया कि निर्धारित मूल्य से ज्यादा की कीमत पर शराब बेचने पर पहली बार में पचहत्तर हजार दूसरी बारे में डेढ़ लाख और तीसरी बार में सीधे लाइसेंस रद्द किया जायेगा प्रदेश सरकार ने कल डिफ्स कॉरिडोर के लिए पैंतालीस हेक्टेयर जमीन स्थानांतरित किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी इसके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत नगर निगम लखनऊ और गाजियाबाद को म्यूनिसपल बॉण्ड निर्गत करने को भी मंजूरी दी गयी इसके तहत पहली बार बॉण्ड के जरिये पैसा लेकर लखनऊ में दो सौ करोड़ रूपये और गाजियाबाद में डेढ़ सौ करोड़ रूपये अवस्थापना के विकास पर खर्च किये जायेंगे छोटे दुकानदारों को राहत देते हुए सरकार नगर निगम संपत्ति कर संशोधन के तहत एक सौ बीस वर्ग फिट क्षेत्रफल की दुकानों पर लगने वाले कर को नियत दर से पांच गुने से घटाते हुए डेढ़ गुना कर दिया है विधान परिषद का सत्र अट्गरह जुलाई से शुरू हो रहा है परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि गुरूवार को औपचारिक कार्य अध्यादेशों और विधेयकों का पूरस्थापन का कार्य होगा और उन्नीस जुलाई शुक्रवार को विधायी कार्य किये जायेंगे बीस इक्कीस जुलाई को अवकाश के बाद बाइस जुलाई सोमवार को विधायी तथा अन्य कार्य होंगे तेईस जुलाई को वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए अनुपूरक मांगे प्रस्तुत की जायेंगी चौबीस जुलाई को विघायी कार्य के बाद पच्चीस जुलाई को अनुपूरक मांगों पर चर्चा के बाद उस पर विचार और पारण किया जायेगा छब्बीस जुलाई शुक्रवार को पुनः विधायी कार्य होंगे

कार्यवृत्त जारी करते हए उन्होंने कहा कि इस वर्ष उन्होंने पांच हजार दो सौ सत्तावन नागरिकों से राजभवन में मुलाकात की सैंतीस हजार एक सौ सात पत्र जनता से प्राप्त हुए जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की गयी पांच वर्ष में कुल दो लाख दस हजार छ सौ तिरसठ पत्र प्राप्त हुए श्री नाईक ने बताया कि उन्होंने राजमंवन में चौवन कार्यक्रमों लखनऊ में एक सौ पैंसठ और लखनऊ से बाहर प्रदेश के अंदर सौ तथा उत्तर प्रदेश के बाहर पच्चीस सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया उन्होंने बताया कि कुलाधिपति के रूप में छब्बीस विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में सम्मिलित हुए हैं गौरतलब है कि राज्यपाल राम नाईक हमेशा कार्य करने में विश्वास रखते हैं और इसी पर आघारित उनकी पुस्तक चरैवेति चरैवेति इग्यारह भाषाओं तथा ब्रेल लिपि में ती भाषाओं में उपलब्ध है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है वह आचार्य देवव्रत का स्थान लेंगे जिन्हें गुजरात का राज्यपाल बनाया गया है श्री मिश्र पिछली केन्द्रीय सरकार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री रह चुके हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलराज मिश्र को राज्यपाल नियुक्त किये जाने पर उन्हें बधाई दी है प्रदेश भाजपा प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने भी कलराज मिश्र को शुभकामनायें दी हैं और उनकी नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त किया है कौशल भारत योजना की कल चौथी वर्षगांठ मनाई गई इस अवसर पर देश और प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन दो हजार पन्द्रह कल ही के दिन यानी पंदह जुलाई को शुरु किया गया था इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर वर्ष करीब एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रदेश में इस अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये मेरठ के आईटीआई में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें यहां विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों द्वारा तैयार किये गये मॉडल को प्रदर्शित किया गया वक्ताओं ने कौशल विकास प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हए देश की उन्नति में उसके महत्व पर प्रकाश डाला बरेली में कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद किया जा रहा है ठिरिया निजावत खान स्थित कौशल विकास केन्द्र की छात्रा मोईन फातिमा इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहती हैं मेरा नाम मोईन फातिमा है मैं यहां सिलाई सेन्टर आती हूँ सीखने के लिए जो सरकार की तरफ से इससे हमें काफी फायदा मिल रहा सीखने को जिससे हम कुछ आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं सीख कर अपने घर पर भी काम कर सकते हैं यहां पर हमें जो पन्द्रह सौ रूपये मिलते हैं महीने पे उससे जो हम अपना कपड़ा या सामान खरीदते हैं तो उसका खर्चा निकल जाता है यहां पर हमने काफी चीजें सीखी हैं फैरान डिजायनिंग की जो कुर्ती होती है और सूट शलवार जो होती है यह सब सीख है मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो हम जैसी लड़कियां हैं जिसके पास कुछ काम नहीं है वह सीख कर कुछ कर सके सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने युवाओं से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने को कहा है ताकि वे अपने कौशल को बेहतर बना सकें कौशल भारत मिशन की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुश्री सीतारामन ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर युवा और अधिक कुशल बन सकते हैं थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति में लगातार दूसरे महीने गिरावट का रूख रहा यह जून महीने में पिछले तेईस महीने के सबसे निचले स्तर दो दशमलव शून्य दो प्रतिशत पर रही कल जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्कीति मई महीने में दो दशमलव चार पांव प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष के जून महीने में यह पांव दशमलव छह आठ प्रतिशत थी